आधिकारिक सुत्रों के अनुसार इन सभी सीटों पर लगभग सत्तावन प्रतिषत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया इस चरण के चुनाव में महराजगंज गोरखपुर कुषीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चंदौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्टसगंज संसदीय सीटें षामिल हैं इन सीटों पर एक सौ सड़सठ प्रत्याषी चुनावी मैदान में हैं इनमें तेरह महिला प्रत्याषी भी षामिल हैं कल सम्पन्न हुये मतदान में जिन प्रमुख नेताओं का चुनावी भाग्य मतदान पेटियों में बन्द हुआ उनमें भाजपा के वरिश्ठ नेता ओर देष के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और अनुप्रिया पटेल प्रदेष भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय प्रदेष बसपा अध्यक्ष आर एस कृषवाहा पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरपीएन सिंह तथा फिल्म स्टार रवि किषन षामिल हैं कल सम्पन्न हये चुनाव के साथ ही सत्रहवीं लोकसभा के सभी सात चरणों का मतदान भी सम्पन्न हो गया प्रदेष की अस्सी संसदीय सीटों पर वोट डाले गये सभी चरणों के चुनाव की मतगणना तेईस मई को होगी मतगणना को लेकर तैयारियां अन्तिम रूप ले रही हैं प्रदेष भर में कर्मचारियों को प्रषिक्षण दिया जा रहा है साथ ही मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जा रहे है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी चुनाव पर पहली बार चालिस घंटे के लिए लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा आकाशवाणी समाचार तेईस मई सुबह सात बजे से चौबीस मई रात ग्यारह बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में विशेष जनादेश दो हजार उन्नीस प्रस्तुत करेगा स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की राजधानी दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई हैं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के नेताओं ने स्पष्ट बहुमत मिलने का विश्वास व्यक्त किया है दूसरी तरफ विपक्षी नेता खंडित जनादेश की स्थिति में केन्द्र में सरकार बनाने के लिए गैर एनडीए और एनडीए से अलग हए दलों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कल नई दिल्ली में एनडीए के नेताओं से मिलेंगे और लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद की स्थिति पर चर्चा करेंगे यह बैठक एनडीए के नेतृत्व में भाजपा के केन्द्र में दोबारा आने के चुनाव परिणाम पूर्व सर्वेक्षण के मद्देनजर की जा रही है भाजपा ने एनडीए के घटक दलों के अलावा किसी अन्य दल के साथ बड़े पैमाने पर चुनाव पूर्व गठबंधन नही किया है कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन से परहेज किया है पार्टी ने यूपीए के सदस्यों के अलावा कुछ छोटी पार्टियों के साथ राज्य स्तरीय गठबंधन किया है प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अजित सिंह के राष्ट्रीय लोकदल ने वामपंथी दलों सहित अनेक दलों के साथ गठबंधन किया है गैर एनडीए दलों को एकजुट करने का प्रयास भी जारी है ताकि एनडीए को बहमत न मिलने की स्थिति में केन्द्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सहयोगी रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर को पद से हटा दिया है राजभर गठबंधन के नियमों के विपरीत भाजपा के नेतत्व वाले एनडीए के खिलाफ लम्बे समय से काम कर रहे थे एक रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक ने सुहेलदेव भारत समाज पार्टी के नेता और स्वदेश में पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से हटाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है इस पार्टी के चार विधायक है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदन में बहमत में इस पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा ये भी बताया जा रहा है कि सुहेलदेव ने भारत समाज पार्टी के अन्य नेताओं को भी पब्लिक सेक्टर इकाइयों के विभिन्न पदों से हटा दिया गया है दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव में सीट आवटन को लेकर मतभेद उभरे थे

आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में उछाल का रूख है सेंसेक्स में आज एक हजार से अधिक अंकों की वृद्धि हई अब से कुछ देर पहले ये एक हजार तीन सौ बेयासी अंक बढ़कर उन्तालिस हजार तीन सौ बारह पर था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी चार सौ चार अंक की वृद्धि के साथ ग्यारह हजार तीन सौ ग्यारह पर पहुंच गया